राशन कार्ड मुफ्त इलाज राज्य सरकार ने सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में इलाज के लिए सत्रह जनवरी से स्मार्ट कार्ड की बाध्यता खत्म कर दी है अब प्रदेश का कोई भी नागरिक बिना स्मार्ट कार्ड के भी पंजीकृत अस्पतालों में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत इलाज करा सकता है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राशन कार्डधारी परिवारों को परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड या अन्य शासकीय पहचान पत्र लेकर अनुबंधित अस्पताल जाना होगा अनुबंधित अस्पतालों में तत्काल ही बीआईएस कर ई कार्ड बना दिए जाएंगे इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनका पंजीयन पहले से है जिनका पंजीयन नहीं है वे अपने राशन कार्ड से इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन करा सकते हैं अधिकारियों ने बताया कि पूर्व से जारी सभी ई कार्ड से भी स्वास्थ्य लाभ मिलता रहेगा प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को पांच लाख रूपये तक का और बाकी परिवारों को पचास हजार रूपये तक का उपचार लाभ मिलेगा मरीजों को सहायता प्रदान करने को लिए हर अस्पताल में एक समन्वयक रखा गया है पल्स पोलियो अभियान राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत कल उन्नीस जनवरी को शुन्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी इसके लिए प्रदेशभर में चौदह हजार से अधिक बूथ बनाए गए हैं इस दौरान पोलियों की दवा पीने से छूटे बच्चों को मोबाइल टीमें आगामी बीस और इक्कीस जनवरी को घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तीन दिवसीय इस अभियान के लिए अट्ठाईस हजार सात सौ बयानवे टीमें गठित की गई हैं अभियान के तहत प्रदेश के करीब छत्तीस लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है इस संबंध में सभी जिलों के चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों सिविल सर्जन तथा सह अधीक्षक जिला अस्पताल और टीकाकरण अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं मेलों सामूहिक उत्सवों और प्रमुख रेलवे स्टेशनों में भी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी परीक्षा पर चर्चा देशभर के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह कार्यक्रम बीस जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों का उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से इस बारे में बातचीत करेंगे कि परीक्षा के दौरान तनाव से कैसे निपटा जाए प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के करीब बीस बच्चे भी शामिल होंगे कोरबा जिले के निलाब्जो दास ने अपने चयन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि परीक्षा के समय विद्यार्थियों और अभिभावकों को किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए

इस संबंध में जिला और सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को लिखे गए पत्र पर उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को न्यायालय परिसर में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं गणतंत्र दिवस झांकी गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर विभिन्न राज्यों और विभागों की निकलने वाली झांकियों में इस बार छत्तीसगढ़ की झांकी का क्रम सबसे पहले होगा जनसंपर्क विभाग के आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा ने राष्ट्रीय रंगशाला कैम्प में झांकी निर्माण का अवलोकन किया गौरतलब है कि नई दिल्ली के राजपथ पर इस बार छत्तीसगढ़ की झांकी भी निकलेगी छत्तीसगढ़ की झांकी में प्रदेश की लोककला और आभूषणों का प्रदर्शन किया जाएगा झांकी के साथ नृत्य दल ककसार नृत्य का प्रदर्शन भी करेंगे केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कल उन्नीस जनवरी को एकदिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं इस दौरान वे कांकेर में नागरिकता संशोधन कानून पर आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होंगे श्री कुलस्ते अपने कांकेर प्रवास के दौरान तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे वे बुद्धिजीवियों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ नागरिकता संशोधन कानून पर चर्चा में भी हिस्सा लेंगे लोककला महोत्सव राज्य स्तरीय गुरू घासीदास लोककला महोत्सव का आयोजन दुर्ग जिले के भिलाई में किया गया इस महोत्सव के दौरान पंथी नृत्य स्पर्धा में दुर्ग जिले के धमधा की न्यू सत्य निर्मल धारा टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया वहीं दूसरे स्थान पर महासमुंद जिले के बागबाहरा की सत्य अंजोर टीम और तीसरे स्थान पर बिलासपुर की सत संग्राम की टीम रही आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने समापन अवसर पर नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर विजेता टीमों को सम्मानित किया दो दिनों तक चले इस कार्यक्रम में राज्यभर के तेईस दलों ने हिस्सा लिया एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तरायण द काईट फेस्टिवल का आयोजन किया गया इस दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने अपने परिवार के साथ पतंगबाजी की इस अवसर पर एनआईटी के निदेशक डॉक्टर एएम रवानी ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत के विभिन्न हिस्सों की संस्कृतियों से परिचित कराना है एनआईटी में विभिन्न राज्यों को विद्यार्थी पढ़ते हैं जो इस तरह के कार्यक्रमों से भारत की विभिन्न संस्कृतियों से अवगत होते हैं फेस्टिवल में तीन सौ से अधिक विद्यार्थी और शिक्षक शामिल हुए जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में मुंगेली जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के बजट के संबंध में आम नागरिकों से सुझाव मांगे हैं इच्छुक नागरिक अपना सुझाव ई मेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर पर दे सकते हैं छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को टीम्स प्रोजेक्ट के लिए कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा सी एसआईएसआईजी ई गर्वनेंस अवॉर्ड प्रदान किया गया है कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया इस दौरान स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और मतदाताओं को शपथ दिलाई गई जशपुर कलेक्टर ने कांसाबेल धान खरीदी केन्द्र में लापरवाही पाए जाने पर केन्द्र प्रभारी को नोटिस और कम्प्यूटर ऑपरेटर को हटाने के निर्देश दिए हैं धमतरी जिले में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज समापन हो गया इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के टेमनार के जंगल में सुरक्षा बलों ने भरमार बंद्रक और टिफिन बम सहित दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है जिला और सत्र न्यायालय रायगढ़ में आज बैंक संबंधी मामलों के निराकरण के लिए विशेष वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया इस दौरान तैंतीस प्रकरणों का निराकरण किया गया धमतरी जिले के ग्राम अर्जुनी में इन दिनों उल्टी दस्त का प्रकोप देखा जा रहा है डायरिया से पीड़ित पंद्रह मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है अब तक पचहत्तर मरीजों का इलाज किया जा चुका है बीजापुर जिले में बासागुड़ा क्षेत्र के तरेम में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में एक मवेशी की मौत हो गई फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज दुर्ग में साइकिल रैली निकाली गई इसमें संभाग आयुक्त दिलीप वासनीकर ने भी नागरिकों के साथ हिस्सा लिया और जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीस जनवरी को पुराना पुलिस मुख्यालय में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा